राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के और सड़सठ प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया

पटना का पीएमसीएच बनेगा विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल

राज्य सरकार ने होम गार्ड जवानों का दैनिक भत्ता चार सौ रूपये से बढ़ा कर सात सौ चौहत्तर रूपये कर दिया है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया है वहीं कैबिनेट ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए चौदह सौ करोड़ रूपये मंजूर किया है मंत्रिमंडल ने उनहत्तर और प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया इससे पूर्व दो सौ छह प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है इस घोषणा के बाद आधा से अधिक प्रदेश सूखे की चपेट में आ गया है राज्य कैबिनेट ने पटना के पीएमसीएच को विश्व के सबसे बड़े और अत्याधूनिक अस्पताल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है अस्पताल में अब पांच हजार चार सौ बासठ बिस्तर उपलब्ध होंगे इसके लिए पांच हजार पांच सौ चालीस करोड़ रुपए जारी किए गए हैं अगले सात वर्षो में यह कार्य प्रा हो जायेगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि यूरोप के सर्बिया स्थित बेलग्रेड में अभी विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां मरीजों के लिए साढे तीन हजार बेड की व्यवस्था है मंत्रिमंडल ने वैशाली जिले के महुआ में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए बीस एकड़ जमीन के आवंटन को भी मंजूरी दी केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि अब प्रदेश के किसानों और पशुपालकों को अच्छी नस्ल के द्धारू पशु खरीदने के लिए दूसरी जगह नहीं जाना होगा श्री सिंह आज पटना में भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस प्रयोगशाला के बन जाने से अच्छी और द्धारू नस्ल की पशुओं का बिहार में प्रजनन सम्भव हो सकेगा राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े पूत्र तेजप्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच तलाक को लेकर दोनों परिवारों के बीच चल रही सुलह की सभी कोशिशें नाकाम हो गयी हैं आज बोधगया में पत्रकारों से बातचीत में तेजप्रताप यादव ने कहा है कि वे अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे उन्होंने कहा कि ये शादी सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए हई थी उन्होंने अपने माता पिता और ननिहाल के दो निकटतम रिश्तेदारों को इस शादी के लिए जिम्मेदार ठहराया श्री यादव ने कहा कि वे शुरू से इस शादी का विरोध कर रहे थे लेकिन उन्हें राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या के साथ संबंधों को लेकर उन्होंने अपने माता पिता से भी कई बार बात की लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया श्री यादव ने कहा कि उनका और उनकी पत्नी के बीच कोई मेल नहीं है इसलिए घूट घूटकर जीने से बेहतर है शादी के बंधन से अलग हो जाना इस सिलसिले में तेजप्रताप यादव ने रांची के रिम्स में अपने पिता लालू प्रसाद लगभग ढ़ाई घंटे तक विचार विमर्श किया मुलाकात के बाद तेजप्रताप यादव रोते हये अस्पताल से निकले उन्होंने कहा कि अब वे अपनी पूरी बात कोर्ट के सामने रखेंगे इधर तेजप्रताप के छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि मीडिया को किसी परिवार और व्यक्ति की निजी बातों में दखल नहीं देना चाहिए आज पटना में पार्टी के एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि वे अपने निजी मसलों को लेकर परेशान नहीं हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका परिवार हर मुश्किल से निकल जायेगा आगामी लोकसभा चूनाव की तैयारियों को लेकर आज मूजफ्फरपूर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई बैठक में पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय सांसद अजय निषाद और पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर गहन विचार विमर्श किया भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाशपति मिश्र की प्रण्यतिथि आज श्रद्वापूर्वक मनायी गयी पटना में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय समेत अनेक नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पार्टी एक न एक दिन बिहार में अकेले सत्ता में आकर कैलाशपति मिश्र के सपने को पूरा करेगी हालांकि श्री मोदी ने कहा कि वे गठबंधन धर्म का पालन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अकेले सत्ता में आने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की अपील की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि आगे नहीं बढ़ायी जायेगी सीबीएसई ने विद्यालयों के प्रचार्यों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय के भीतर फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी कर लें बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि पांच नवम्बर तक निर्धारित है पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या बढ़कर पैंतीस हो गई है मुख्य वन्य जीव संरक्षक भारत ज्योति ने आकाशवाणी को बताया कि दो हजार छह से दो हजार दस के बीच इस अभयारण्य में केवल दस बाघ थे लेकिन इसके बाद की गई कई गणनाओं से पता चलता है कि इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है

डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंटस बैंक में खाता खूलवाने को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह है हमारे खगड़िया संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट बाईट संवाददाता आपका बैंक आपके द्वार योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक सितम्बर से शुरु किये गये इंडिया पोस्ट बैंक में खाता खोलने को लेकर खगड़िया में उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली है

आकाशवाणी समाचार के लिए खगडिया से प्रभात सुमन प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर सड़क दर्घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गयी बांका में दो और मुंगेर तथा नालंदा में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है औरंगाबाद जिले के नक्सल प्रभावित मदनपुर थाना क्षेत्र के अहियारी गांव में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की अपहरण कर हत्या कर दी मूजफ्फरपूर सदर थाना क्षेत्र से अपराधियों ने जिला परिषद में कार्यरत एक अभियंता से आठ लाख रूपये लूट लिये वहीं गोबरशाही के पास अपराधियों ने निजी कम्पनी के कर्मी से दो लाख रूपये लूट लिया अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र अन्तर्गत पोसदाहा में मछली मारने के क्रम में गहरे पानी में चले जाने से एक मछुआरे की मौत हो गयी नीति आयोग की ओर से आज शेखप्रा में ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में जीविका आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के दधपी ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त पंचायत घोषित कर दिया गया है सीतामढ़ी में आयोजित मेगा क्रेडिट कैंप शिविर में बाईस जीविका समूहों के बीच तैंतीस लाख रूपये ऋण का वितरण किया गया वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के बावन पोखर मंदिर से अपराधियों ने दो सौ वर्ष प्ररानी शिव पार्वती की अष्टधातु की मूर्ति चुरा ली है इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर छापेमारी की जा रही है मुजफ्फरपुर जिले में साइबर क्राइम और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए साइबर अनुसंधान सेल के दो यूनिट खोले जायेंगे भोजपुर जिले में बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत तीन लोगों को एक एक लाख रुपये का अनुदान दिया गया सिवान जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने पिछले अड़तालीस घंटों के दौरान वाहन चोर गिरोह के बाईस सदस्यों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार चोरों के पास से चार मोटरसाईकिल दो देसी बंदूक और कारतूस भी बरामद किये गये हैं गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र में एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी पुलिस ने उसका शव राजापुर गांव स्थित एक बागीचे से बरामद किया है नगर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि एफएसएल टीम बात की जांच करेगी कि यह हत्या है या आत्महत्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में गंगा नदी के छठ घाटों का निरीक्षण किया श्री कुमार ने दानापुर के नासरीगंज से पटना सिटी के सभी घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये इस दौरान पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव भी मौजूद थे छठ पूजा को देखते हुये रेलवे सिकंदराबाद और भोपाल से पटना के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगा सिकंदराबाद से छठ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन नौ और दस नवम्बर को होगा वहीं भोपाल से हबीबगंज पटना एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन आठ ग्यारह सोलह और उन्नीस नवम्बर को किया जायेगा

राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के और सड़सठ प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया

पटना का पीएमसीएच बनेगा विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल